राज्यपाल ने शिक्षा को मुख्य प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए छात्रों के शैक्षणिक कल्याण पर ध्यान देने को कहा उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कार्यप्रणाली की भी निगरानी करने के लिए नियामक संस्था गठित करने का सुझाव दिया राज्यपाल ने प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में एन सी सी इकाई के स्थापना के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से एन सी सी प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने को कहा बैठक के दौरान भारी वर्षा से प्रभावित सड़क संपर्क असम से लगी राज्य की सीमा पर घटनाओं और दोलूंग मुख एयरफोर्स फायरिंग रेंज के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है आज दक्षिण अफ्रिका के जोहानिसबर्ग में दसवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने बहुराष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रजी की तुलना में प्रतिभा अधिक महत्वपूर्ण होगी उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में उच्च कौशल लेकिन अस्थायी कामवाला रोजगार मिला करेगा श्री मोदी ने कहा कि इससे औद्योगिक उप्तादन डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्रों में मौलिक परिवर्तन आयेगा

उन्नीस सौ निन्यानवें में आज ही के दिन कारगिल की पहाडियों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी

उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के शहीदों को हमारा देश सदैव याद रखेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि देश का लोकसेवा प्रसारक होने के नाते दूरदर्शन के कार्यक्रम जनहित के मुद्दों पर आधारित होते है लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यबर्धन राठौड़ ने कहा कि द्ररदर्शन के कार्यक्रमों के तुलना निजी चैनलों से नही की जा सकती क्योंकि दोनों के उद्देश्य और कार्यक्रम के प्रारुप अलग अलग होते है श्री राठौड़ ने यह भी कहा है कि आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय समाचारों की प्रसारण अवधि बढ़ाने का कोई विचार नही है उन्होंने कहा कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों की गुणवत्ता में सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कल अरुणाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड की माईक्रो एटीएम सेवाओं का शुभारंभ किया राज्य में अपेक्स बैंक की सैतीस शाखाएं है इसके तहत दो सौ माइक्रो एटीएम सेवाएं शुरु की जाएंगी माइक्रो एटीएम ए टी एम का लघु रुप है जो कि पी ओ एस टर्मिनल पर काम करता है इस सुविधा के शुरु होने से बैंक के प्रतिनिधि दूर दराज के क्षेत्रों में मिनी एटीएम पर कार्ड स्वाईप सुविधा और फिंगर प्रिंट स्केनर की सहायता से डेविड या क्रेडिट कार्ड होल्डर उपभोक्ताओं को कैस निकालने जमा करने और आधार युक्त भुगतान कर सकेंगे अरुणाचल प्रदेश में विधायी सचिव जल्द ही अपना पद खो सकते है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में विधायी सचिव के पद को असंवैधानिक घोषित कर दिया है ईटानगर में कल संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार के प्रवक्ता बामंग फेलिक्स ने कहा कि की विधायी सचिव न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे और जल्द ही अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे मुख्यमंत्री पेमा खाण्डु के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश सरकार में चौबीस विधायी सचिव है पंचायत चुनाव के मुद्दे पर श्री फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पंचायती राज्य विभाग को अलर्ट किया है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने आगामी पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना शुरु करने की घोषणा की है ईटानगर में कल इसके एक भाग का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस स्वास्थ्य बीमा योजना से नागरिकों को देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों कैसलैस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा यह नई योजना मुख्यमंत्री सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह लेगी

निर्वाचन आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में मतदान पुष्टि पर्ची मशीने वर्ष दो हजार उन्नीस के आम चुनाव तक उपलब्ध नही हो पाएगी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऎसी खबरों में कोई सच्चाई नही है अगले आम चुनाव उपचुनाव और विधानसभाओं के चुनाव में शत प्रतिशत मतदान केंद्रों पर मतदान पुष्टि मशीने उपलब्ध कराने के लिए आयोग वचन बद्ध है